सूर्योपासना के महापर्व छठ के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में छठव्रतियों ने विभिन छठ घाटों तालाबों और पोखरों पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी छठ घाट रंग बिरंगी रौशनी और सूर्य आराधना के भक्तिपूर्ण गीतों से गुंजायमान हो रहे हैं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि श्रद्धालुओं ने कई स्थानों पर बनाए गए अस्थायी जलाशयों में भी खड़े होकर अर्घ्य दिया कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय छठ का महाअनुष्ठान सम्पन्न हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टीमर से राजधानी पटना के नासरीगंज घाट से गायघाट तक के सभी घाटों का निरीक्षण करते हये स्रक्षा व्यवस्था का जायजा लिया औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में स्थानीय व्रतियों सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में छठव्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया देश के अन्य भागों में भी बिहार के प्रवासी छठ पर्व मना रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अरवल जिले के पुराण गांव में छठ व्रत में भाग लिया जबकि साबरमती नदी के किनारे गुजरात के विश्व प्रसिद्ध रिवरफ्रंट पर छठ प्रजा घाट के लोकार्पण समारोह में आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शामिल हये वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों ने भी अस्थायी जलाशयों में ड्रबते हये भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया पटना के आदर्श केन्द्रीय कारागार बेउर मूजफ्फरपूर के खूदीराम बोस केन्द्रीय कारा मूंगेर मंडल कारा मोतिहारी कोन्द्रीय कारा और वैशाली जिले के हाजीपूर मंडल कारागार में भी आस्था का पर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है जेल प्रशासन की ओर से छठ करने वाले कैदियों के बीच निःशुल्क पूजन सामग्री का वितरण किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में देश और समाज में शांति और समुद्धि की कामना की है उप राष्ट्रपति ने छठ के पावन पर्व पर देशवासियों और अप्रवासी भारतीयों को उनके सुखी समुद्ध स्वस्थ और संतृष्ट जीवन की श्भकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में सूर्य देवता की असीम ऊर्जा से देशवासियों के जीवन को प्रकाशवान और ऊर्जावान बनाने की कामना की है राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कूमार उपमूख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी राज्यवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान भास्कर की पूजा से जूड़े छठ पर्व से अंतःकरण की पवित्रता और चारों ओर स्वच्छता तथा निर्मलता बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है आकाशवाणी के भागलप्र केन्द्र से कल प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल गंगा घाट से सुबह पांच बजे से प्रसारित किया जायेगा प्रदेश में आकाशवाणी के सभी केन्द्र इस प्रसारण को रिले करेंगे पूर्व मध्य रेल ने छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हये सत्ताईस अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इन ट्रेनों में पटना बरौनी सहरसा मूजफ्फरपूर दरभंगा और गया स्टेशनों से नई दिल्ली मुम्बई और सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विज्ञान तकनीक और नवाचार का फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और तकनीक सलाहकार परिषद के सदस्यों से शिक्षा संस्थाओं अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं उद्योगों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मजबूत संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करने को कहा श्री मोदी ने विद्यार्थियों को जिला और क्षेत्र स्तर की अटल नवसुजन प्रयोगशालाओं से जोड़े जाने की भी जरूरत बताई प्रधानमंत्री ने अन्संधान के लिए प्राथमिकता वाले कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत किसानों की आमदनी बढाने पुरानी और आनुवंशिक बीमारियों के इलाज कचरा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा का भी जिक्र किया पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की तलाश में आज बेगूसराय पूलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की बेगूसराय के पूलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री की तलाश में पूलिस पटना समस्तीपूर और खगड़िया सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है वहीं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प संस्था के सभी सदस्यों की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश के लोगों को लाभ मिलने लगा है

दो गर्भवती महिलाओं का इस योजना के तहत इलाज किया गया है

अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है

मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ पंद्रह से सत्रह नवम्बर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जो विद्यार्थी किसी कारण इंटर और मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाये हैं उन्हें यह सुविधा दी गयी है मुंगेर जिले के किला परिसर स्थित पोलो मैदान में आगामी सत्रह से उन्नीस नवम्बर तक तीन दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मेले में प्रदेश के सभी जिलो के तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं मालदा रेल मंडल में आगामी दिसम्बर माह से पहले सौर उर्जा चालित मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा मंडल रेल प्रबंधक तनु चन्द्रा ने बताया है कि इसके लिए जमालपुर के डीजल शेड में एक मेमू ट्रेन में सोलर पैनल लगाने का काम जारी है नालंदा गोपालगंज और कटिहार जिले में अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं एक अन्य घायल हो गया वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के सररिया गांव स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी कर पुलिस ने बारह कार्टन विदेशी शराब जब्त की है शेखप्ररा जिले के सभी ग्रामीण डाकघरों को दर्पण योजना से जोड़ दिया गया है इससे आम लोग अब डाक विभाग से जुड़े सभी काम ऑनलाईन सम्पादित कर सकेंगे भोजपुर जिले की चार महिला खिलाडियों का चयन सीनियर क्रिकेट टीम के लिए किया गया है पंद्रह नवंबर को चयनित खिलाड़ियों का फिजिकल वेरीफिकेशन मोइनुल हक स्टेडियम पटना में किया जाएगा कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ शराब के नशे में कथित दुर्व्यवहार करने के आरोपी एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार पूरे प्रदेश में छठ महापर्व श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है